जनता की कठिनाई कम करने के लिए क्छ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अनुमति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य श्रू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर विजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी स्रक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होमस्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाघा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे नये दिशा निर्देशों का मकसद लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किये गये अनुभव का लाभ उठाते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करना है बीस अप्रैल को जिन गतिविधियों को गति दी जानी है उनका उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को पटरी पर लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाना है साथ ही इसका उद्देश्य दिहाड़ी और अन्य मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराना है ये दिशा निर्देश सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनुमति देते हैं साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की श्रृंखला को बनाये रखने का भी प्रबंध करते हैं इन दिशा निर्देशों का मकसद अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करना है जो कृषि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के प्रबंधन के लिए आज राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्टा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है कार्यस्थलों पर प्रत्येक शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए प्रदेश में गेह की सरकारी खरीद आज से श्रू हो गयी है सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए खरीद केन्दो पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदी जाये उन्होंने बताया कि किसानों से पराली न जलाने का भी अनुरोध किया गया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखबारों में विज्ञापन देकर प्रदेश के लोगों से लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ही रहने की अपील की है प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में फंसे लोगों के लिए नितिन गोकर्ण को प्रशासनिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है उनसे संपर्क के नम्बर है सात शुन्य शुन्य सात तीन शुन्य चार दो चार दो और शुन्य पांच दो दो दो दो तीन चार छः पांच चार रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री रेल सेवाएं पूर्णबंदी के कारण तीन मई तक पूरी तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक टवीट में कहा कि यात्रियों की भीड के लिए कोई विशेष रेलगाडी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि समी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए